श्री मोदी ने बताया कि इन केन्द्रों के जरिए लोगों को अब तक नौ हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है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 प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर पचहत्तर जिलों में जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे इस बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडेय ने आज दुर्ग के मीनाक्षी नगर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ किया इस मौके पर डॉक्टर पांडेय ने कहा कि सभी को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना केन्द्र सरकार की मंशा है उन्होंने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जन औषधि सुविधा केन्द्रों से सैनेटरी पैड की बिक्री भी शुरू की गई है परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस महीने वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा इस कार्यक्रम की यह चौथी कड़ी होगी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से आगामी परीक्षाओं के बारे में व्यापक बातचीत करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर जारी है पंजीकरण चौदह मार्च तक कराया जा सकता है कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित सवाल माईजीओवी पर आमंत्रित किए जाएंगे और चुने हुए प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा कार्यक्रम के लिये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों का चयन होगा प्रे देश से चुने गए प्रतिभागी अपने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे उन्हें परीक्षा पे चर्चा विशेष किट दी जाएगी संत समागम राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजिम माधी पुन्नी मेला में कल संत समागम का शुभारंभ किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि माघी पुन्नी मेला जैसे आयोजन पर्यटकों को अदभुत अनुभव देने और उन्हें आकर्षित करने में सक्षम हैं उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से राजिम का पुन्नी मेला एक अच्छे केन्द्र के रूप में उभर सकता है राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन मानचित्र में और अधिक प्रभावी स्थान दिलाने के लिए सभी को और अधिक प्रयास करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि आज कला साहित्य और संस्कृति को संरक्षित तथा संवर्धित करने की आवश्यकता बढ़ गई है उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को कला संस्कृति और साहित्य से जोड़ने के लिए पहल करने की बात भी कही गौरतलब है कि राजिम के त्रिवेणी संगम पर इन दिनों माधी पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है इस मेले का समापन ग्यारह मार्च महाशिवरात्रि को होगा

प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को मनाये जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य स्त्री प्रुष समानता स्थापित करना महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और जीवन के हर क्षेत्र में उनका महत्व स्थापित करना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सभी महिलाओं को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि देश प्रदेश और समाज में महिलाओं के उत्थान के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ने की रणनीति अपनाई है जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में विकास के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं श्री बघेल ने महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को कल आठ मार्च को रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के आयोजित मैच का पास निःशुल्क देने की घोषणा भी की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की महिला हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति कार्यक्रम कल से शुरू करके सात दिनों तक मनाया जाएगा इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को कानून में दिए गए अधिकारों के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी

इस समूह ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष पहल की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने इस उपलब्धि के लिए समूह की महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इधर छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ द्वारा दुर्ग जिले में राज्य महिला लीग चैपिंयनशिप का आयोजन पंत स्टेडियम में किया जाएगा इधर जांजगीर चांपा जिले में कल आठ मार्च को महिलाओं और युवतियों के लिए विशेष जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा वहीं कबीरधाम जिले में आज नारी सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस कार्यक्रम में जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली और विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया

इस कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह ग्यारह बजकर दस मिनट पर किया जाएगा

मुख्यमंत्री लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के बिरगांव में आयोजित कार्यक्रम में एक सौ इक्कीस करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया मुख्यमंत्री ने बिरगांव कॉलेज का नाम नंदकुमार पटेल के नाम से किए जाने की घोषणा की साथ ही बिरगांव क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा भी की कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आडवाणी अर्लीकान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मुख्यद्वार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार गांव गरीबों किसानों और जरूरतमंदों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज जांजगीर चांपा जिले में जल जीवन मिशन के तीन प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता सुरेन्द्र चंद्रा ने बताया कि इस मिशन के तहत जिले के आठ सौ बयासी गांवों में एक सौ पच्चीस करोड़ रूपए से अधिक की कार्ययोजना तैयार की गई है इसके जरिए पचपन लीटर प्रति व्यक्ति गुणवत्ता युक्त पेयजल हर घर में टेप नल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित पांच माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है मिली जानकारी के अनुसार इन माओवादियों की गिरफ्तारी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से की गई है वहीं अरनपुर से गिरफ्तार माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इन पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है गृहमंत्री जांच निर्देश दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र में पांच लोगों की हुई मौत के मामले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने इंटेलीजेंस जांच के निर्देश दिए हैं उन्होंने इस संबंध में दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को जांच के लिए विशेष टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि कल बठेनाखार सिरसाबाड़ी गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों का शव पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में बरामद किया था इनमें तीन महिलाओं का शव जली हुई अवस्था में और पिता पुत्र का शव फंदे पर लटका मिला था इस बीच पुलिस ने इस मामले में घटनास्थल से एक पत्र बरामद किया है जिसे जांच के लिए हस्ताक्षर विशेषज्ञ के पास भेजा गया है वहीं आज पांचों मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया

बीते सत्ताईस फरवरी से रायपुर के माना कैम्प में आयोजित इस प्रतियोगिता में दो सौ चौंतीस प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ प्रदेश रायफल एसोसिएशन तथा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई प्रतियोगिता में पच्चीस महिलाओं और उन्नीस पुरूषों का चयन ईस्ट जोन प्रतियोगिता के लिए हुआ है यह संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले लगभग दोगुनी है चयनित प्रतिभागी अप्रैल माह में कोलकाता में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे ईस्ट जोन प्रतियोगिता में जो क्वालीफाई करेंगे उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो जाएगा संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में केन्द्र सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में दूर्ग नेहरू युवा केन्द्र द्वारा जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही तालाबों की साफ सफाई और घरों में सोख्ता गढ्ढा बनाने का कार्य किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल रायपुर प्रेस क्लब में नारी शक्ति की समाज में भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी महासमुंद जिले के सिरपुर में बारह मार्च से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा दुर्ग जिले की जामुल पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में एक गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले के सरकेली गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दुपहिया सवार दो महिलाओं की मौत हो गई वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है बलरामपुर जिले में आर्थिक अनियमितता के मामले में ग्राम रोजगार सहायक को पदमुक्त कर दिया गया है और धमतरी जिले के दुगली वनमंडल परिक्षेत्र के चार गांव में वन विभाग की टीम ने छापा मारकर करीब एक लाख रूपये कीमत की सागौन और बीजा की लकड़ी जब्त की है इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है